मातृवंदना योजना में राज्य को मिला पहला स्थान

कल देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर ली गई वीडियो कॉन्फ्रेन्स में हुए प्रस्तुतिकरण में उन्होंने देश को दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग स्वच्छता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है इस बारे में जागरूकता के लिए लगातार गतिविधियाँ संचालित की जाएँ उन्होंने कोरोना संक्रमण से पुनः प्रभावित हो रहे राज्यों में आवश्यकतानुसार टेस्टिंग और टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए बिना आर्थिक गतिविधियों को बंद किए इंदौर और भोपाल में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है

उधर खरगौन कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आदेश दिए हैं कि यहां सिर्फ पहले की तरह हाट बाजार लगाए जा सकेंगे इंदौर कोरोना इंदौर में आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए निगम द्वारा रीजनल पार्क मेघद्त गार्डन प्राणी संग्रहालय नेहरू पार्क और महू नाका स्थित स्विमिंग पूल आज से पूर्ण रूप से बंद रहेंगे

मॉर्निंग वॉकर कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल जिसके तहत मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही वाक कर सकेंगे आयुक्त सुश्री पाल द्वारा शहर में बढते कोरोना संक्रमण के रोकथाम व मास्क का उपयोग नही करने वालो के विरूद्व सख्ती से कार्यवाही करने के उददेश्य से निगम प्रशासन के झोनल अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारियो को शहर में स्थित झोनवार थाना क्षेत्रो में डयूटी लगाई गई है

मिशन ग्रामोदय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिशन ग्रामोदय के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सवा लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराएँगे केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे मिशन ग्रामोदय का यह मुख्य कार्यक्रम धार जिला मुख्यालय पर होगा

जन आंदोलन मध्यप्रदेश सेक्टर सीआरपीएफ महानिरीक्षक पीकेपाण्डे ने कोविड गाइड लाइन का पालन करने की अपील की है

समीक्षा बैठक में योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिय आगर मालवा छिंदवाड़ा शहडोल सीहोर एवं अलीराजपुर जिले कों उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों एवं प्रदेश द्वारा किये गये प्रयासो की सराहना और राज्य की टीम को भी बधाई दी गई मध्यप्रदेश को विगत वर्ष भी योजना क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया था

राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित रूप से भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता के भाव की स्थापना के उद्देश्य से देशभर से जुटे शिक्षाविद शिक्षक और विशेषज्ञों के मंथन पर केंद्रित इस नेशनल कांफ्रेंस एवं एक्सपो का कल समापन हुआ इस अवसर पर भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री मुक्ल कानिटकर ने तीन दिन में हुए मंथन के बाद एक्शन फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया

उन्होंने कहा कि अभी कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक को उच्च पद का प्रभार सौंपने का कार्य सरकार ने किया है डॉ मिश्रा रतलाम में एक निजी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

योजना में ऐसे दम्पत्तियों को पुरस्कृत किया जाता है जिसमें सवर्ण युवक अथवा युवती द्वारा अनुसूचित जाति की युवक एवं युवती से विवाह किया जाता है इसके अलावा सामाजिक समरसता के निर्माण के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर सद्भावना शिविर आयोजित किये जा रहे है

मैच शाम सात बजे से शुरू होगा

जबलपुर के करमेता में चोर आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र के ट्रांसमिशन वायर को काटकर ले गए

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें